सरकार ने देश की आर्थिक हालत चिंताजनक होने संबंधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज किया परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा जरूरी संशेधन के बाद राज्य में लागू किया जायेगा नया मोटर व्हीकल एक्ट अजमेर जिले के शहीद हेमराज जाट को आज उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने विश्व के सबसे उन्नत बहुस्तरीय लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिने जाने वाले अपाचे हेलिकॉप्टर्स को पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया

साथ ही इसमें गोलाबारी करने रॉकेट और अन्य गोला बारूद को छोडने की क्षमता है यह हवाई युद्ध के दौरान कई काम एक साथ कर सकने वाली अत्याधुनिक तकनीक से लैस है

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्री जावडेकर ने कहा कि श्री सिंह ने जो विश्लेषण किया उससे वे इतेफाक नहीं रखते

विक्रम को चंद्रमा की सतह के और निकट लाने के लिए कल शाम ऐसी ही एक अंतिम प्रक्रिया होगी इस मिशन से सात सितम्बर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव के पास विक्रम की सहज लैंडिंग हो सकेगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार ऑर्बिटर और लैंडर अलग अलग कक्षाओं में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री खाचरियावास ने बताया कि ई रिक्शा मोटरसाइकिल वाहनचालकों के लिये सामान्य गलतियों के लिये भारी जुर्माना नहीं वसूला जायेगा उन्होंने कहा कि शराब पीकर और तेज वाहन चालकों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी

जलशक्ति अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा सवाईमाधोपुर में किसान मेला लगा प्रभारी सचिव श्रेया गुहा और जिला कलेक्टर डॉ एस पी सिंह ने इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जल संचय पोस्टर का विमोचन किया

विभाग के अनुसार आज रात कल और परसों बारा भीलवाडा कोटा ब्रंदी झालावाड प्रतापगढ राजसमंद और उदयपुर में भरी बारिश के आसार है विभाग के निदेशक शिवगणेश ने बताया कि पूरे सप्ताह प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा उन्होंने बताया कि कल तथा परसों पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है इस बीच आज पाली और उदयपुर में अच्छी बारिश हुई है जयपुर और आसपास के इलाकों में छुटपुट बारिश हुई उधर टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी लगातार आ रहा है इस कारण आज भी बांध के चार गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है

दल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधिर्यो के साथ बैठक की बैठक के बाद केंद्रीय दल ने जनप्रतिनिधियों के साथ कैथ्न और उसके आसपास के गांवों का दौरा कर बाढ से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया बाढ से हुए नुकसान की रिपोर्ट दल द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी